मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में बढ़ते वायू प्रदूषण पर चिंता जताई कहा इससे निपटने के लिए केन्द्र को आगे आना चाहिए प्रदेशभर में आज से विधिक सेवा सप्ताह की शुरुआत हुई राज्यभर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन विश्व प्रसिद्ध प्रष्कर मेला कल से शुरु होगा प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति उसके हिन्द प्रशांत सागर क्षेत्र दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि समन्वित संगठित और आर्थिक रूप से विकसित आसियान भारत के बुनियादी हित में है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कृषि विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में भागीदारी के लिए तैयार है

श्री गहलोत ने आज ट्वीट कर कहा कि दिल्ली और राजस्थान सहित पडोसी राज्यों में प्रद्षण का बढता स्तर गंभीर चिंता का विषय है लोग लंबे समय से इससे पीड़ित हैं खासकर बच्चे और ब्रज्र्ग उन्होंने कहा कि यह एक स्वास्थ्य आपातकाल है जिसे केवल दिल्ली सरकार अकेले नहीं सुलझा सकती गौरतलब है कि दिल्ली के बाद अब प्रद्षण से राजस्थान की हवा दूषित होने लगी है और अलवर जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में इसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है

करौली में आज सुबह आसमान में धूल छाये रहने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा धौलपुर में भी कोहरा छाया रहा दिल्ली में प्रदूषण से दृष्यता कम होने के कारण बारह उड़ानों का मार्ग जयपुर अमृतसर और लखनऊ के लिए बदला गया प्रदेश के कई स्थानों पर कोहरे और हल्की वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है बीकानेर के महाजन क्षेत्र में आंधी से पेड़ ट्रटकर नहर में गिरने से माइनर ट्रट गया जिसके कारण मलकीसर गांव के खेत जलमग्न हो गये सीकर में ठण्डी हवाओ के साथ हल्की बरसात हुई जिससे सर्दी बढ़ गई

मौसम विभाग ने अज़मेर नागौर सीकर झुन्झुनू चुरु कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में हल्की वर्षा होने और मेघ गर्जन की संभावना जताई है

इस बैठक में केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे

स्मार्ट विश्वविद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्मार्ट साइंस लैब ई लाइब्रेरी सीसीटीवी कैमरे निशुल्क वाईफाई सुविधा युक्त परिसर जैसी कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेंगी इसके अलावा शैक्षणिक और अशैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की स्थिति व भर्ती की कार्य योजना पर भी चर्चा की जायेगी बैठक दो सत्रों में आयोजित होगी

जयपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित समारोह की राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस ढदढा ने शुरुआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सप्ताह के दौरान लोक अदालतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आम आदमी जागरुक कर न्याय उपलब्ध करवाया जायेगा

इसके साथ ही प्रस्तिकाएं पेम्पप्लेट और ब्रॉशर वितरित किये जायेंगे उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश रविन्द्र माहेश्वरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शुरुआत हुई इसमें अनेक न्यायविद और कानून के विद्यार्थी शामिल हुए लॉ कॉलेज के छात्रों ने सामाजिक बुराईयों के प्रति आम आदमी को जागरुक करने के लिए शहर में जागरुकता रैली निकाली प्रतापगढ़ अलवर जैसलमेर बीकानेर दौसा बूंदी टोंक करौली सवाई माधोपुर और धौलपुर में भी इस सम्बन्ध में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये

कल सुबह पुष्कर सरोवर के घाटों पर पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ मेले की शुरुआत होगी शाम को दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा इसी के साथ मेला मैदान पर विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो जायेगी

ये गाड़ी हर रात दो बजे पंजाब के सुल्तानपुर लोदी से रवाना होकर सुबह सवा आठ बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी और हर सुबह साढ़े नौ बजे श्रीगंगानगर से चलकर शाम चार बजे सुल्तानपुर लोदी पहुंचेगी

उन्होंने सवाईमाघोपुर और दौसा जिला कलेक्टर को आगामी तीन दिनों में नहरों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये